मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आहवान किया है कानपुर में कल भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र का सबसे बड़ा युवाओं का राज्य है उन्होंने युवा ऊर्जा को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने के लिए ग्रमीण क्षेत्र में ग्यारह लाख आवास तथा शहरी क्षेत्र में छह लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में एक रिकार्ड है श्री योगी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है और राज्य का हर दिशा में विकास हुआ है उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में एक वर्ष में पवहत्तर हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ है और छप्पन लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट क्न प्रॉडक्ट पर सकारात्मक रूप से काम किया जा रहा है इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा आर्थिक मजबूती आयेगी युवाओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अव्यक्ष अमित शाह ने भाजपा को दुनिया के सबसे बड़े राजनैतिक दल के रूप में स्थापित कर दिया है उन्होंने मिशन दो हजार उन्नीस की जीत का युवाओं से आह्वान किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि समाज में विभिन्न धर्मों समुदायों और जातियों के बीच सदभावपूर्ण संबंध बनाये रखने के लिए भगवान ऋष्मदेव के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के मांगी तुंगी में तीन दिन के विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन में अपने उदघाटन भाषण में श्री कोविंद ने कहा कि भारत अहिंसा और शांति का प्रबल समर्थक रहा है उच्चतम न्यायालय सभी आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति संबंधी आदेश पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई पर आज फैसला करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की खण्डपीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूस जे निदुम्पारा के इस अनुरोध पर विचार किया कि संविधान पीठ के इस फैसले पर उनकी पुनर्विचार याचिका को तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्द किया जाए पांव न्यायधीशों की खण्डपीठ ने चार न्यायधीशों के समर्थन से फैसला दिया था कि केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को जाने की अनुमति दी जाए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार दो हजार तीस तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्द है सुश्री पटेल कल नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुघार हुआ है और इससे माताओं नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अशिवनी कुमार चौबे ने समावेशी विकास प्रक्रिया में संतुलन बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी अभियान सुवारू रूप से चलाये जा रहे हैं और केन्द्र दो हजार पच्चीस तक देश को टीवी मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद नायक ने कहा है कि योग से भारत का दुनिया में मान बढ़ा है उन्होंने कहा कि योग ऐसी क्रिया है जो कि समी के लिए लामप्रद है इससे अच्छी मानसिकता और विचारों का प्रार्दुमाव होता है श्री नायक कल कानपुर स्थित एक तकनीकी शिक्षण संस्थान में अतर्राष्ट्रीय योग कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार योग को लोगों के बीच पहुंचने के लिए भरसक प्रयास कर रही है इसके लिए नेशनल योग बोर्ड का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि इक्कीस जून को विश्व में एक साथ भारत के नेतृत्व में योग कर के गिनीज बुक विश्व रिकार्ड स्थापित किया गया था उन्होंने कहा कि योग के कारण भारत विश्व में चर्चित बना हुआ है

आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में पिछले चार वर्ष में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक की बढोतरी हुई है एक करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या में चार साल में साठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया है कि पिछले तीन साल में प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है इस दौरान व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा चुकाये गये औसत कर में छब्बीस प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है इस अवधि में वेतनभोगी करदाताओं की औसत आय में उन्नीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्रदेश विधान परिषद के समापति रमेश यादव के पुत्र की संदिष्य परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में श्री यादव की पत्नी और मृतक की माँ मीरा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गौरतलब है कि श्री यादव के पुत्र अभिजीत यादव लखनऊ स्थित विधायक निवास में संदिष्य परिस्थितिर्यो में मृत पाये गये थे श्रीमती यादव को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम में मृतक की गला दबा कर हत्या किये जाने की पुष्टि हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री यादव के पूत्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है केन्द्र सरकार का मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश में लाखों किसान इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं और अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा रहे हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट मुदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिये उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेत की मुदा के पोषक तत्वों की सही जानकारी हासिल करके उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं इससे किसानों की लागत में बचत हो रही है

पूरे प्रदेश में अब तक बाई करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी मिही का परीक्षण करवाते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाये हैं इससे किसानों का खर्च तो बचा ही है साथ ही पैदावार बढ़ने से उनकी आय दोगुनी करने का सरकार का अभियान भी कामयाब होता नजर आ रहा है

राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हई सड़क द्र्घटनाओं में बारह लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर पुलिस थाना अन्तर्गत आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर कल एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये रजदेपुर गांव के पास हुई इस दुर्घटना में समी मृतक नेपाल के निवासी है यह लोग वाराणसी जा रहे थे जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मजडीहा मोड के पास एक ट्रक की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गयी तीनों युवक परीक्षा देने जा रहे थे उघर कन्नौज जनपद के अन्तर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में कार सवार एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई सभी मृतक प्रतापगढ़ के रहने वाले थे वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाना क्षेत्र में हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई मैनपुरी जनपद के थाना एलाऊ क्षेत्र में एक निजी बस के पलट जाने से ग्यारह यात्री घायल हो गये जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है घायलों को जिला अस्पताल मेजा गया है अमरोहा जिले के रजबपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा फरीदी रहमतुल्ला अलेह का पांच सौ चौंवालिसवां सालाना चार दिवसीय उर्स कल परवम कुशाई के साथ शुरू हो गया परवम कुशाई तरने के साथ दुआ की गई चार पोशी के बाद अतिथियों को पगड़ी बांघी गई उर्स के दोरान देशमर से हिंदू और मुसलमान दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं उर्स का समापन पच्चीस अक्टूबर को कौड़ियों के वितरण के साथ होगा